त् गिरिडीह में प्रधान डाकघर से लगभग ग्यारह करोड़ चौसठ लाख रुपए की फर्जी निकासी मामले की सीबीआई करेगी जांच

नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज प्ररा हो रहा है इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देषभर के सभी जिलों में ऑनलाइन रैलियां आयोजित करेगी वहीं दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक फैसले लिए गए भारतीय अर्थव्यवस्थां को मजबूती प्रदान करना देश को आंतकवाद के साए से निकालना और इस खतरे से निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहना चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए किसानों और गरीबों में विश्वारस पैदा करना नरेन्द्र मोदी सरकार के पांच वर्ष के पहले कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां थीं दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में एनडीए सरकार ने नए भारत के सपने को साकार करने पर जोर दिया हैं पिछले वर्ष मई में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि देश में अब केवल दो जातियां होंगी पहले गरीब और दूसरे वे जो गरीबी दूर करना चाहते हैं सरकार ने इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है

झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान छियालीस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए वहीं एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई संक्रमितों में जमशेदपुर के पंद्रह हजारीबाग के दस रामगढ़ के नौ कोडरमा के सात धनबाद के तीन और बोकारो के दो लोग हैं इस तरह राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकडा बढकर पांच सौ बाइस हो चुका है वहीं दो सौ सोलह संक्रमित मरीज स्वस्थ हए हैं जबकि पांच की मौत हो चुकी है राज्य में इकहतर हजार तीन सौ सत्रह सैंपलों में से अंठावन हजार नौ सौ इकतीस की निगेटिव रिपोर्ट आई है हजारीबाग जिले में मिले सभी दस नए कोरोना संक्रमितों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस जिले में अब तक चौसठ कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बीस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं वहीं कोडरमा जिले में मिले सात नए कोरोना संक्रमित मरीजों में चार जयनगर दो मरकच्चो और एक कोडरमा प्रखंड का रहनेवाला है यहां अब तक कोरोना संक्रमण के चालीस मामले आ चुके हैं इनमें छह स्वस्थ हो गए हैं बोकारो में गोमिया प्रखंड और चास प्रखंड से एक एक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को नवाचारी तरीकों से आगे बढ़ाने का फैसला किया है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

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है गौरतलब है कि प्रधान डाकघर के दो सहायक डाकपालों ने तीन अक्टूबर दो हजार सोलह से तीस अगस्त दो हजार उन्नीस के बीच डिमांड ड्राफ्ट को व्यक्तिगत खातों में जमा कर फर्जी निकासी की थी दूसरी तरफ दुमका के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है इसके अलावा गुमला के अवर निबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायतों की जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा गया है प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मानव तस्कर पन्ना लाल और उसके पांच सहयोगियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की है इन सभी के खिलाफ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों को बड़े शहरों में ले जाकर बेचने के साथ नाजायज तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है पन्ना लाल के खिलाफ विभिन्न थानों में उन्नीस मामले दर्ज हैं वहीं एक मामले की जांच एनआईए भी कर रही है वंदेभारत अभियान का दूसरा चरण तेरह जून तक जारी रहेगा इस दौरान साठ देशों से एक लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को वापस लाने की योजना है तीसरे चरण के लिए भी तैयारियां जारी हैं जिसके जून के मध्य में शुरू होने की संभावना है सरकार ने बताया कि अब तक करीब सैतालीस हजार भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं वहीं कुल तीन लाख आठ हजार दो सौ लोगों ने भारत लौटने के लिए विदेश स्थित भारतीय द्रतावासों में पंजीकरण कराया है

ये सभी मजदूर दुमका जिले के रहने वाले हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मजदूरों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अंडमान निकोबार में फंसे झारखंड के मजदूरों को हवाई मार्ग से वापस लाया जाएगा श्री सोरेन ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला तबतक जारी रहेगा जबतक सभी वापस नहीं आ जाते प्रवासी मजदूरों को विशेष श्रमिक ट्रेनों और बसों के साथ अब हवाई जहाज से लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है रेलवे मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हए कैंसर उच्च रक्तचाप मध्मेह और इदय रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों को श्रमिक विशेष और अन्य ट्रेनों से यात्रा नहीं करने की सलाह दी है रेलवे ने एडवाइजरी जारी करते हुए पैंसठ साल से अधिक उम्र के लोगों गर्भवती महिलाओं और दस साल तक के बच्चों को भी ट्रेनों से यात्रा करने से बचने को कहा है इस सिलसिले में रेलवे ने हेल्पलाइन एक सौ उनचालीस और एक सौ अडतीस जारी किया है

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने तेइस लघ् वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है इनमें वन तुलसी के बीज वन जीरा मशरूम काला चावल और जोहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल हैं

मंत्रालय ने कहा है कि नई वस्तुओं में से चौदह का देश के पूर्वोत्तर भागों में वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जाता लेकिन ये जंगलों में अपने आप उगते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इन वस्तुओं को लघ् वन उपज सुची में शामिल करने का फैसला किया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारण शाम को आठ बजे किया जाएगा

पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है

इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एक दिन का दिए गए वेतन से जमा आठ लाख रुपए हैं झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारी इक्कीस सूत्री मांगों को लेकर कल अपने अपने आवास पर भूख हड़ताल करेंगे पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेने अथवा सम्मानित होने पर रोक लगा दी है